उंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हिमपात व अन्य भागों में वर्षा से समूचा प्रदेश जबरदस्त शीतलहर की चपेट में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल माई जीओवी पोर्टल और मुख्यमंत्री ऐप्प का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पोर्टल शासकीय प्रणाली में जनता की भागीदारी सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगा माईजीओवी पोर्टल प्रदेश के विकास के लिए तकनीक की मदद से सरकार और लोगों के बीच भागीदारी की नई पहल है

जयराम ठाक्र ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के लोग अपने विचारों सुझावों प्रतिकियाओं और शिकायतों को सरकार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे उन्होंने कहा कि सरकार रचनात्मक आलोचनाओं पर विचार कर प्रदेश की बेहतरी के लिए सभी सुझावों का समन्वय करेगी इस बीच मुख्यमंत्री ने छोटा शिमला स्थित सस्ते राशन डिपो ब्रॉकहास्ट से ई पोर्टेबलिटी राशन कार्ड सुविधा का शुभारंभ भी किया इससे हिमाचल में उपभोक्ता अब सस्ते राशन के किसी भी डिपो से राशन ले सकेंगे इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे मनसुख मांडविया केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है कांगड़ा जिला के रैहन में आज भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी मनसुख मांडविया ने कहा कि ये संशोधन केवल पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित हिंदु सिक्ख जैन बौद्ध और इसाई धर्म के लोगों को नागरिकता देने के लिए किया गया है उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी के अधिकार नहीं छीने जा रहे बल्कि अधिकार दिए जा रहे हैं

सहजल भाजपा युवा मोर्चा के सोलन मंडल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करने के उददेश्य से आज सोलन में एक जागरूकता रैली निकाली सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल की अध्यक्षता में निकाली गई रैली में शहर में सीएए को लेकर जानकारी दी गई उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी दल इस कानून के बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं जबकि सीएए से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा

इस अवसर पर शिमला स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों ने उन्हें जन्मदिन की श्भकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर का श्रभारंभ भी किया

इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर भी वितरित की जयराम ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सशक्तिकरण के उददेश्य से तीन नई विकास योजनाओं का श्भारंभ भी किया इनमें मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना अंत्योदय मिशन के तहत उत्थान और महिलाओं को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए देवी कार्यकम शामिल है

बाद में उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में मरीजों का कुशलक्षेम पूछा जयराम ठाकूर ने इस दौरान मुख्यमंत्री हैल्पलाईन सेवा संकल्प द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया विंटर कार्निवाल पांच दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल आज मनाली में सम्पन्न हुआ वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने समापन अवसर पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस बार कार्निवाल में कई नए आयाम जोड़े गए थे ताकि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो सके उन्होंने कहा कि विंटर कार्निवाल को लेकर स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला वन मंत्री ने कहा कि कुल्लू जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों में हैली टैक्सी सेवा शुरू करने के सरकार प्रयास करेगी

उन्होंने कहा कि विधानसभा का ये एक दिवसीय विशेष सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज रूक रूक कर बर्फबारी जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा का कम जारी है इससे समूचा प्रदेश जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में हिमपात से सड़क मार्ग अवरूद्व हैं और पानी की पाईपें जमने व फिसलन भरे रास्ते होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं हालांकि किसान बागवान इस बर्फबारी से खुश हैं और गर्मियों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने पर अच्छी फसल की उम्मीद में हैं कल्लू चंबा और किन्नौर जिलों की उंची चोटियों पर हिमपात से शीतलहर तेज हो गई है लाहौल स्पिति और किन्नौर जिलों में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है राजधानी शिमला सहित कुफरी व नारकंडा में भी हिमपात हुआ है जिससे उपरी शिमला के लिए बसों की आवाजाही प्रभावित हुई है

राज्य के निचले मैदानी इलाकों में भी हल्की वर्षा का समाचार है

विभाग ने आज व कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी हिमपात व गरज के साथ ओलावृष्टि और वर्षा की चेतावनी जारी की है मैराथन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में कर्मचारियों की अहम भूमिका रहती है प्रदेश सचिवालय सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज शिमला में आयोजित मिनी मैराथन के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी गतिविधियां कर्मचारियों को व्यस्त दिनचर्या के बीच राहत पहुंचाती है उन्होंने मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए महेन्द्र सिंह बिलासपुर के लूहणु स्थित इंडोर स्टेडियम में विशेष बच्चों को ओलंपिक में फलोरबॉल का प्रशिक्षण देने के उददेश्य से आयोजित शिविर का सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने आज शुभारंभ किया

इक्डोल प्रदेश विश्वविद्यालय के इक्डोल से अब साल में दो बार स्नात्तक स्नात्कोत्तर विभिन्न विषयों के डिप्लोमा पाठयक्रमो ं में प्रवेश लिया जा सकेगा इक्डोल के निदेशक कुलवंत सिंह पठानिया ने बताया कि यूजीसी के निर्देशों के अनुसार ये निर्णय लिया गया है